पिथौरागढ़ में कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर कार्रवाई के आदेश

आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहने दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

स्मार्ट सिटी कार्यों की समीक्षा करते हए उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी में अत्याध्रनिक सुविधाओं से युक्त व्यवस्था के कारण जनस्विधा में वृद्धि होगी और देहरादून को ग्रीन सिटी बनाने में भी मदद मिलेगी

प्रलिस सम्मेलन प्रदेश के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा है कि पुलिस के जवानों का तनाव कम करने का प्रयास किया जाएगा इसको लेकर सभी जरूरी कदम उठाए जायेंगे देहरादून प्लिस लाइन में प्लिस अधिकारियों कर्मचारियों के सम्मेलन में डीजीपी ने कहा कि प्लिस जवानों के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खास ध्यान दिया जायेगा सम्मेलन में प्लिस अधिकारियों कर्मचारियों को संबोधित करते हए कहा उन्होंने कहा कि कि भ्रष्टाचार बिल्क्ल भी बर्दाशत नहीं किया जायेगा उन्होंने कहा कि अपराध मुक्त उतराखंड के लिये हम सबको टीम भावना से काम करना होगा

सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए पुलिस व्यापक अभियान चलायेगी उन्होंने इस अभियान में छात्र छात्राओं स्कूल कॉलेज प्रबंधन और अभिभावकों से सहयोग की अपेक्षा की

हालांकि इन कृषि विधेयकों के संबंध में क्छ भ्रम फैलाये जा रहे हैं नये कृषि कानून के लिए यह झूठ फैलाया जा रहा है कि बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर किसानों का शोषण करेगी जबकि सच्चाई यह है कि कॉन्ट्रैक्ट से किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी किसान बिना किसी पेनल्टी के किसी भी समय करार से बाहर निकल सकता है इस कानून के संबंध में एक और भ्रम फैलाया जा रहा है कि यह बिल किसानों को कोई भी मूल्य गारंटी प्रदान नहीं करती है न्यूनतम खरीद मूल्य पर अनाजों की खरीद फरोख्त करने का अधिकार भी भारतीय खाद्य निगम के पास से खत्म कर दिया जाएगा जबकि सच्चाई यह है कि इस समझौते के तहत किसानों को फसल के मूल्य गारंटी की सुविधा होगी औऱ किसी कारण से मूल्य भ्गतान न होने पर इसमें जुर्माने का प्रावधान होगा वहीं न्यूनतम खरीद मूल्य की संरचना पर इस बिल का कोई असर नहीं होगा

हरिदवार में व्यापार मण्डल होटल एसोसिएशन धर्मशालाओं के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने बताया कि स्थायी और अस्थायी निर्माण कार्य अब लगभग पूरे हो रहे हैं उन्होंने बताया कि हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों में पांच बस अड्डे बनाये जा रहे हैं

शहर में जगह जगह ख्दाई के सम्बन्ध में मेलाधिकारी ने बताया कि खोदने से पहले कार्यदायी विभाग को अनुमति लेनी होगी ऐसा न करने की स्थिति में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी

उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं जो जीपीएस माध्यम से संचालित होंगी

बनबसा टनकप्र चम्पावत और लोहाघाट के साथ ही दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह स्वास्थ्य विभाग टीमें गठित कर सैम्पलिंग कर रही है

टनकप्र में पालिका के वार्डो में कैम्प लगाकर सैम्पलिंग की जा रही है

प्लिस और स्वास्थ्यकर्मी लोगों को मास्क पहनने और उचित दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं पिथौरागढ़ जिले में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है जिलाधिकारी ने कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कारवाई के आदेश दिये हैं जिला प्रशासन लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रही है

उन्होंने प्रदेश में प्रवेश करने वाले लोगों की बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग व्यवस्था को देखा

इसके लिए जिला प्रशासन ने गौचर में बैरियर स्थापित करते हए स्वास्थ्य सुरक्षा और लेखा जोखा रखने के लिए कार्मिकों की तैनाती की है

इसके लिए जिला प्रशासन ने रोस्टर के अन्सार चिकित्सकों पूलिस बल और रिकार्ड रखने के लिए शिक्षकों की तैनाती की है कोविड संक्रमण से बचने के लिए जिले में सभी लोगों को मास्क पहनने और शारीरिक द्री रखने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है होम आइसोलेशन में रहने वालों पर भी जिला प्रशासन की सर्विलांस टीम निगरानी रख रही है और होम आइसोलशन के मानकों का पूरी तरह से पालन स्निश्चित कराया जा रहा है पटाखा फैक्टी देहरादन के विकासनगर में कई सालों से बंद पड़ी एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया हादसे में वहां चेकिंग करने गए एलआईयू सिपाही घायल हो गया आपको बता दें कि इस फैक्ट्री में तीन महीने पहले भी आग लगी थी थाना सहसपुर क्षेत्र के अंतर्गत शंकरपुर ह्कूमतपुर में कई साल से एक पटाखा फैक्ट्री बंद पड़ी हई थी देहरादून के एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी